इस वर्ष पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपब्लध होगा केन्द्रीय बजट इसे मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने आज से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी मौसम विभाग ने दो दिन भारी ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया आज और कल शीतलहर चलने के आसार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

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण दिन में ग्यारह बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी इस वर्ष केन्द्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा यह बजट एन्ड्रायड और आई ओ एस प्लेटफार्म पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से भी देखा जा सकता है

इस ऐप को आर्थिक कार्य विभाग के निर्देशन में नेशनल इंफ्रॉमेटिक सेंटर एन आई सी ने तैयार किया है

इन कार्यक्रमों में बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों का गहन विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार भी मुख्य रूप से प्रसारित किए जाएंगे

केन्द्रीय क्रषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि नए क्रषि कानून मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली और मंडी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करते उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था में मंडिया और ज्यादा प्रतिस्पर्धी पर भी बनेंगी तथा उनकी ओर से दी जानेवाली सेवाएं और ढॉचागत सुविधाएं कम खर्चीली हो जायेंगी किसानों को इससे फायदा होगा श्री तोमर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की ओर से नए कृषि कानूनों की आलोचना किए जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों ने किसानों के लिए ऐसा विकल्प उपलब्ध कराया है जिससे वे अपने उत्पाद राज्य और राज्य से बाहर बाधा रहित वातावरण में कहीं भी और किसी को भी बेच सकेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी के लिए एक अनूठा डिजिटल मंच को विन विकसित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीका सही समय पर सही लोगों को दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि भारत कोरोना वायरस संक्रमण के लिए विकसित किए गए टीकों के सबसे बड़े वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में से एक है

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में एकतालीस नये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं तिरसठ मरीज ठीक हए हैं जबकि बोकारो जिले से एक मरीज की मौत हुई है

इनमें पांच सौ तिरपन सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख सत्रह हजार सरसठ मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार बहत्तर मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव छह तीन प्रतिशत हैं राज्यभर में आज घर घर जाकर शुन्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियों की खुराक दी जाएगी धनबाद जिले पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खूराक पिलाएंगे दवा पिलाने में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा दवा पिलाने वाले कर्मी मुंह पर मास्क लगाए रखेंगे

टीकाकरण पदाधिकारी डॉ विकास राणा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले के एक हजार नौ सौ चौरासी बूथों पर कल तीन लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई अभियान के तहत जिले में चार लाख अठाइस हजार तीन सौ सनतावन बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है रामगढ़ जिले में स्पर्श कृष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है जो तेरह फरवरी तक चलेगा

सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने आज से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य रिथिति की ओर लौटने की दिशा में यह राहत महत्वपूर्ण कदम है मानक संचालन प्रक्रिया में सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम कॉमन एरिया प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम छह फीट की पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाये रखने को कहा गया है खूंटी जिले में उपायुक्त शशिरंजन ने कर्रा और गोविंदपुर लैम्प्स का निरीक्षण कर किसानों द्वारा केन्द्रों में धान क्रय करने की वस्तुस्थिति का जायजा लिया साथ ही धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेते हए अन्य किसानों को भी जागरूक करने की बात कही पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना अंतर्गत केरा के धातकीडीह में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच हई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि ये उग्रवादी कराईकेला थाना क्षेत्र के ईंटभट्टा से लेवी वसूलने जा रहे थे

इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान यह व्यक्ति संदेह के आधार पर पकड़ा गया था कड़ी प्रछताछ के बाद उसने इस बात को स्वीकारा कि माओवादी दस्तों के द्वारा सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से करीब डेढ़ सौ मीटर के दायरे में यह बम लगाए गए थे

धनबाद में आज कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद बीसीसीएल का प्रभार लेंगे श्री प्रसाद के पास सीसीएल के साथ ही बीसीसीएल सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार होगा इस संबंध में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी संजीव भट्टाचार्य ने आदेश जारी किया है इससे पहले भी पीएम प्रसाद बीसीसीएल में थे

अब एक बार फिर उन्हें यहां का प्रभार दिया गया है

राज्य में आज से दो दिन शीतलहर चलने के आसार हैं इससे न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट हो सकती है इस संबंध में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है इधर धनबाद और आसपास के इलाकों में आज और कल शीतलहर चलने की संभावना है आसमान साफ होने के बाद भी ठंडी हवा का असर बना रहेगा तीन चार फरवरी तक मौसम साफ रहने के बाद इसमें बदलाव होने के आसार है वहीं पांच और छह फरवरी को ब्रंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार दो और तीन फरवरी को मौसम सामान्य से चार पांच डिग्री तक नीचे रह सकता है ठंडी हवा सुबह में सर्दी बढ़ा सकती है बताया जाता है कि हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से बिहार होकर इस ओर आ रही बर्फीली हवा काफी नीचे बह रही है जिससे शीतलहर जैसी परिस्थिति बन रही है

अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज वर्ष दो हजार इक्कीस बाइस के पेश होने वाले आम बजट को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है आम बजट आज लोगों को सरकार से राहत की उम्मीद दैनिक भास्कर ने लिखा है आज पेश होगा आम बजट इसके साथ ही पंजाब हिमाचल की ओर से आ रही ठंडी हवाओं से झारखंड में शीतलहर तीन फरवरी तक राहत की उम्मीद नहीं इस शीर्षक के साथ मौसम विभाग के पूर्वानुमान की खबर को भी पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने भी संसद में पेश होने वाले आम बजट की खबर को पहले पन्ने पर लिया है अखबार की सुर्खी है बजट आज अर्थव्यवस्था को बूस्टअप डोज संभव दैनिक जागरण ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि सुधार का दिया संदेश रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बाते कहा तिरंगे के अपमान से देश दुःखी वहीं अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने आज पेश होने वाले आम बजट की खबर को पहले पन्ने पर लिया है